राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से सम्बन्धित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्वास व्यक्त किया है कि उत्तराखण्ड जल्द ही कोरोना मुक्त राज्य में शामिल हो जाएगा

इसके तहत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निः शुल्क अनाज और नकदी के भूगतान की घोषणा की थी

अध्यादेश में हिंसा को संजेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के चोटिल होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहंचाना हिंसा माना जाएगा

आईएमए के अध्यक्ष डॉ राजन शर्मा ने अध्यादेश की सराहना की और प्रधानमंत्री गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है श्री रावत ने कहा है कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाईन में कार्यरत हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और कोरोना वारियर्स का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है क्रॉप कटिंग चमोली ज़िले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर राजस्व टीम द्वारा कृषि गणना गाइडलाइन के अनुसार गेहू की फसल पर क्रॉप कटिंग प्रयोग शुरू कर दिया है राजस्व टीम जिले में अलग अलग स्थानों पर क्रॉप कटिंग प्रयोग कर उत्पादन के आंकडे जुटा रही है क्राप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकडे तैयार किए जाते है जिससे कुल उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जाती है क्राप कटिंग प्रयोगों से प्राप्त आंकडों के आधार पर ही क्षतिपूर्ति और फसल बीमा राशि की गणना सहित विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंकलन किया जाता है

पंचायती राज दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे वे लॉकडाउन के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना तैयार और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे

मुख्यमंत्री ऑन कोरोना मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिये प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा है कि सभी कोरोना वारियर्स पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं प्रदेशवासियों ने भी दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन का परिचय देते हुए सरकार का सहयोग किया है और यह उसी का परिणाम है कि हम राज्य में कोरोना संक्रमण बढने की दर को काफी कम रखने में सफल हुए है

श्री रावत ने कहा है कि उन्हें प्रा विश्वास है कि हम बहुत जल्द कोरोना मुक्त राज्य में शामिल हो जाएंगे

कन्ट्रोल रूम विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य विधानसभा भवन में आज से कन्ट्रोल रूम की शुरूआत कर दी गयी है कन्ट्रोल रूम में तैनात अधिकारी विधानसभा सदस्यों से सम्पर्क कर कोरोना से सम्बन्धित सूचनाएं कार्यवाही के लिए शासन को भेजेगें उन्होंने बताया है कि यह कन्ट्रोल रूम अन्य राज्यों की विधानसभाओं और लोक सभा के कन्ट्रोल रूम से भी समन्वय स्थापित करेगा

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढाने से पहले हुई थी

इस दौरान श्री धस्माना ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उचित सामाजिक दूरी का पालन करने और लाक डाउन के दौरान घरों में ही रहने की लोगों से अपील की है पेशावर कांड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर वीर नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पडाव था श्री रावत ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर जारी अपने संदेश में कहा है कि पेशावर कांड ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने भारत की आजादी में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों के योगदान को अविस्मरणीय और अद्वितीय बताया